कहा राज्य सरकार कोरोना के प्रसार को रोकने के लिये कर रही है हर सम्भव उपाय मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश में कोविड से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है पिछले बारह दिनों में सक्रिय मामले एक लाख छः हजार से अधिक कम हुए प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में कोरोना संक्रमण के सत्रह हजार सात सौ पचहत्तर नये मामले सामने आये उन्नीस हजार सात सौ पच्चीस लोग हुए स्वस्थ ईद उल फित्र का त्यौहार आज धार्मिक उल्लास के साथ कोविड नियमों का पालन करते हुए मनाया जा रहा है कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है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

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अलीगढ़ मथुरा और आगरा जनपदों का दौरा कर वहां कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिये किये जा रहे उपायों की समीक्षा की उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का दौरा कर कोविड रोगियों के उपचार की व्यवस्था और तैयारियों का जायजा लिया मुख्यमंत्री ने अलीगढ़ के एकीकृत कोविड कमांड केन्द्र का भी दौरा किया और वहां मरीजों के लिए की गयी व्यवस्थाओं को देखा बाद में मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय के क्लपति और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्रतिनिधियों के साथ जनपद विशेष तौर पर विश्वविद्यालय परिसर में कोरोना के संक्रमण और टीकाकरण अभियान के सम्बन्ध में चर्चा की मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं को सम्बोधित करते हये कहा कि प्रदेश सरकार कोविड संक्रमण पर नियंत्रण के लिये सभी उपाय कर रही है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ट्रेस टेस्ट और ट्रीट की नीति पर जोर दिया है जिसके फलस्वरूप प्रदेश में कोविड मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है उन्होंने कहा कि पिछले बारह दिनों में राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या एक लाख छ हजार से ज्यादा कम हुयी है श्री योगी ने कहा कि कोविड की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की मांग में कई ग्ना की बढ़ोत्तरी हयी है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार प्रदेश को पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध करा रही है मुख्यमंत्री ने मथुरा पहंचकर वहां कोरोना नियंत्रण के लिये किये जा रहे उपायों की समीक्षा की इस दौरान उन्होंने कोविड नियंत्रण और कमाण्ड केन्द्र का भी निरीक्षण किया मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोविड के बेड की क्षमता लगातार बढ़ाई जा रही है और इस समय राज्य में लेवल एक के एक लाख साठ हजार बेड और लेवल दो व तीन के अस्सी हजार बेड उपलब्य हैं मुख्यमंत्री आगरा भी पहंचे जहां उन्होंने जनपद में कोविड मरीजों की सहायता के लिये बनाये गये एकीकृत कोविड नियंत्रण और कमाण्ड केन्द्र का निरीक्षण किया श्री योगी ने कोविड मरीजों के परिजनों से भी मुलाकात की बाद में संवाददाताओं को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में प्रतिदिन एक हजार मीट्रिक टन से अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है उन्होंने कहा कि प्रदेश में तीन सौ सतहत्तर ऑक्सीजन संयंत्र लगाने का काम शुरू हो गया है इनमें से एक सौ इकसठ संयंत्र पीएम केयर्स फण्ड से लगाये जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज दिन में ग्यारह बजे प्रघानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता के रूप में आठवीं किस्त जारी करेंगे इसके अंतर्गत उन्नीस हजार करोड़ रूपये से अधिक की राशि नौ करोड़ पचास लाख से अधिक किसान परिवारों के बैंक खातों में भेजी जाएगी प्रधानमंत्री इस अवसर पर कुछ लामार्थियों से बातचीत भी करेंगे लाभार्थियों को प्रत्येक वर्ष छ हजार रूपये की आर्थिक सहायता तीन किस्तों में प्रदान की जाती है अब तक एक लाख पन्द्रह हजार करोड़ रूपये से अधिक की राशि किसान परिवारों को प्रदान की जा चुकी है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविशील्ड वैक्सीन की दो खुराकों के बीच अंतर छह से आठ सप्ताह से बढाकर बारह से सोलह सप्ताह कर दिया है मंत्रालय ने कहा है कि डॉक्टर एन के अरोड़ा की अध्यक्षता में कोविड कार्य समूह ने कोविशील्ड के पहले और दूसरे टीके के बीच अंतर बढ़ाने की सिफारिश की थी इस समय कोविशील्ड के पहले और दूसरे टीके के बीच छह से आठ सप्ताह का अंतर रखा जाता है मंत्रालय ने कहा कि विशेष रूप से ब्रिटेन से उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर कोविड कार्य समूह कोविशील्ड के पहले और दूसरे टीके के बीच अंतर बढाकर बारह से सोलह सप्ताह करने पर सहमत हुआ है कोवैक्सीन के दोनों टीकों के बीच अंतराल में किसी परिवर्तन की सिफारिश नहीं की गई है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या संक्रमित होने वाले लोगों से अधिक है राज्य में उन्नीस हजार चार सौ पच्चीस लोग महामारी से ठीक हए हैं जबकि इस दौरान सत्रह हजार सात सौ पचहत्तर लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुयी प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामले घट कर दो लाख चार हजार छः सौ अट्ठावन रह गये हैं यह संख्या तीस अप्रैल को दर्ज किये गये अधिकतम तीन लाख दस हजार सात सौ तिरासी मामलों से एक लाख छः हजार से अधिक कम है राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर छियासी प्रतिशत हो गयी है पिछले चौबीस घंटे में दो सौ इक्यासी कोविड मरीजों की मृत्य हयी है प्रदेश में कल एक दिन में दो लाख तिरपन हजार नौ सौ सत्तावन कोविड नमूनों की जांच की गयी अब तक कुल चार करोड़ उन्तालीस लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य तेज गति से चल रहा है अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि अब तक क्ल एक करोड़ तैंतालीस लाख छबीस हजार आठ सौ छियानबे टीके लगाये जा चुके हैं उन्होंने कहा कि एक करोड़ तेरह लाख चौदह हजार दो सौ सात लोगों को कोविड का पहला टीका और तीस लाख बारह हजार छः सौ नवासी लोगों को कोविड का दूसरा टीक़ा लगाया गया है प्रदेश सरकार ने कहा है कि अट्ठारह से चौवालीस वर्ष आय वर्ग के टीकाकरण के लिए राज्य में रहने का कोई भी प्रमाण पर्याप्त और मान्य होगा सरकार ने अपने नवीनतम आदेश में कहा है कि कोरोनारोधी टीके के लिए आधार कार्ड और स्थाई निवास प्रमाणपत्र अनिवार्य नहीं है राज्य में अब किराया एग्रीमेंट बिजली बिल बैंक पासबुक अथवा नियोक्ता द्वारा जारी प्रमाणपत्र दिखाकर टीका लगवाया जा सकता है इससे पहले कोविड टीके के लिए आधार कार्ड पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस राशन कार्ड अथवा मतदाता पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य था राज्य के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया है कि कोरोना महामारी के दौरान कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति भूखा न सोये इसके लिये राज्य में दो सौ सतहत्तर कम्युनिटी किचन चलाये जा रहे हैं उन्होंने बताया कि सामाजिक संगठनों द्वारा छिहत्तर कम्युनिटी किचन भी चलाये जा रहे हैं एक दिन पूर्व प्रदेश में लगभग दो लाख से अधिक खाने के पैकेट वितरित किये गये उन्होंने बताया कि निरन्तर कम्युनिटी किचन की संख्या में बढ़ोत्तरी की जा रही है प्रदेश भर में ईद उल फित्र का त्यौहार आज धार्मिक उल्लास के साथ कोविड नियमों का पालन करते हए मनाया जा रहा है महामारी को देखते हुए धर्म गुरूओं ने लोगों से घरो में रह कर ही नमाज अता करने और भीड़ भाड़ से बचने की अपील की है राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को ईद पर श्मकामनाए दी हैं राज्यपाल ने अपने बधाई संदेश में कहा कि ईद का पर्व हम सभी को एकता और आपसी भाईचारे का संदेश देता है मुख्यमंत्री ने इस मौके पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ईद उल फित्र का त्यौहार खुशी और मेल मिलाप का संदेश लेकर आता है खुशियों का यह त्यौहार सामाजिक एकता को मजबूत करने के साथ ही आपसी भाईचारे की भावना को बढ़ाता है मुख्यमंत्री ने लोगों से आशिक कोरोना कर्फ्यू और सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए घर पर ही नमाज पढ़ने और ईद मनाने की अपील की है मुख्यमंत्री ने परशुराम जयन्ती की भी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं संघ लोक सेवा आयोग ने सत्ताईस जून को होने वाली सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा दो हजार इक्कीस को स्थगित कर दिया है कोरोना वायरस की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है परीक्षा का आयोजन अब दस अक्टूबर दो हजार इक्कीस को किया जाएगा